इस बीच देश में कोरोना की तीसरी वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है दवा कंपनी डॉक्टर रेड़डीज ने कल भारत में रूसी वैक्सीन स्प्रतनिक वी लांच की कंपनी ने बताया कि जल्द ही वैक्सीन की पहली खेप बाजार में उपलब्ध होगी टीके का निर्माण आने वाले समय में भारत में किया जाएगा राज्य कोरोना प्रदेश में लगातार सकारात्मक प्रयासों से कोरोना संकमण में कमी आई है

सीएम संबोधन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में संक्रमण दर घटी है

हालांकि उन्होंने कहा कि अभी बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है पूरी कड़ाई के साथ कोरोना के विरूद्व जंग लड़नी है मुख्यमंत्री कल प्रदेश की जनता को संबधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से हम मध्यप्रदेश को शीघ्र ही कोरोना मुक्त करेंगे श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण का अगर पहले पता चल जाए तो सभी स्वस्थ हो जाते हैं

कोवैक्सीन की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है

हालांकि कल तक जिन लाभार्थियों द्वारा पहले से रजिस्ट्रेशन किया गया है उनके रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किये जायेंगे आईईसी के माध्यम से उनको सलाह दी जा सकती है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन को पुनः निर्धारित करें यदि वे अपनी स्वेच्छा से वैक्सीन की दूसरी खुराक लेना चाहते हैं तो ऐसे लाभार्थी कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा सकते हैं जन आंदोलन दतिया जिले में रहने वाली निधि तिवारी अपनी सकारात्मक सोच से आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के इस विकट संकट में मीडिया के साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जनता तक जानकारियाँ पहुँचाने के अपने धर्म का निर्वहन करते करते कई मीडियाकर्मी संक्रमित भी हए हैं कृछ का दुःखद स्वर्गवास भी हो गया है ऐसे में यह आवश्यक है कि जो कोरोना संक्रमित हैं उनके इलाज की उचित व्यवस्था हो

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने कोरोना के संकट काल में बेहतर कार्य करके दिखाया है इससे विभाग की सामाजिक छवि निखर कर सामने आई है डॉ मिश्रा ने नौगांव स्थित टीबी अस्पताल के नवीनीकरण कार्यो का भी जायजा लिया डॉ मिश्रा ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में छतरपुर में कोरोना नियंत्रण के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर पर किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की